प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के पंद्रह नये मामलों की प्रष्टि

दो नये जिले बांका और पूर्वी चंपारण भी कोरोना संक्रमण की चपेट में

ऐसे मामलों में नहीं होगी जमानत

प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के पंद्रह नये मामले सामने आने के साथ ही इस वैश्विक महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ इकतालीस हो गयी है आज जो नये मामले सामने आये उसमें आठ पटना से हैं पटना के खाजपुरा से छह और जगदेव पथ तथा सालिमपुर के एक एक मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है वहीं भागलपुर में चार और बांका नालंदा के बिहारशरीफ और पूर्वी चंपारण के फेनहारा से एक एक मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पटना के खाजपुरा और बिहारशरीफ में जो मामले आये हैं वे सभी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं उन्होंने बताया कि भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक कर्मी और भागलपुर में महाराष्ट्र से लौटे दो लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है वहीं पटना भागलपुर बांका और पूर्वी चंपारण जिले के एक एक मरीजों के निकट संपर्कों की पहचान की जा रही है उन्होंने बताया कि पूर्वी चंपारण और बांका जिले में पहली बार कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है इस तरह अब प्रदेश के सत्रह जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं गौरतलब है कि बिहार में बयालीस रोगी इलाज के बाद ठीक हो गये हैं जबकि दो की मृत्यु हुई है इधर देशभर में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर बीस हजार चार सौ इकहत्तर हो गई है इनमें से तीन हजार नौ सौ साठ लोग ठीक हो चुके हैं जबकि छह सौ बावन लोगों की मृत्यु हो गयी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड उन्नीस महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम अठारह सौ संतानवें में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है अब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक कार्रवाई को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं

उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद हो सकती है ऐसे दोषियों पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के मूल्य का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी संशोधन अध्यादेश दो हजार बीस कोविड उन्नीस महामारी से लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रति सुरक्षा की सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है प्रधानमंत्री ने ट्वीटर पर कहा कि इससे हमारे स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता देश में कोविड उन्नीस महामारी से लड़ने में डॉक्टर नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मी रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के अभाव और डर के कारण चिकित्सा योद्वाओं तथा रोगियों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है साउंड बाईट भारत के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान एम्स ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य योद्वा जैसे डॉक्टर और नर्स इस बीमारी को नहीं फैलाते हैं क्योंकि वे इलाज के दौरान कड़े निवारक उपाय करते हैं इसलिए उनसे फैलने वाले वायरस की संमावना न के बराबर होती है डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों ने कोरोना रोगियों का इलाज करते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है इन्हें खतरे के रूप में देखने की बजाये उनका स्वागत किया जाना चाहिए मिलजुल कर इस वायरस को हराया जा सकता है हमारी लड़ाई इस बीमारी के खिलाफ होनी चाहिए न कि रोगियों के खिलाफ यह बीमारी भेदमाव नहीं करती और हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए सुपर्णा सैकेया के साथ भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉ नरेश गूप्ता ने लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर नहीं घबराने की अपील की है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में कोविड उन्नीस संक्रमण स्वयं तक ही सीमित है बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है

उसकी वजह से उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है ये शुरू की रिपोर्ट थी जिसके बेसिस पर ये मानना था जैसे जैसे और रिसर्च आई ये देखा गया कि सिर्फ बुजुर्ग नहीं यंग एडल्ट भी जो हैं उसमें बहुत प्रमावित होते हैं ये किसी को नहीं मानकर चलना चाहिए कि आपकी उम्र यंग एडल्ट है तो आप उससे प्रमावित नहीं होंगे इसलिए आप जो हैं कहीं पर भी बाहर घूम सकते हैं चाहे लॉज ब्रेक कर सकते हैं कोई प्रिवेंशन नहीं करेंगे आपके हित में नहीं हैं और दूसरे के हित में नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से किसानों के लिए लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ इकतीस मई तक बढ़ाने को कहा है केन्द्रीय बैंक ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है केन्द्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें रेल मंत्रालय द्वारा तेरह लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन में कटौती की बात कही जा रही है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है वहीं पीआईबी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने जूम एप के विकल्प के रूप में नमस्ते एप का बीटा वर्जन जारी नहीं किया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के जो मामले पॉजिटिव आये हैं उनमें पचहत्तर प्रतिशत मरीजों में कोई भी लक्षण नहीं दिखायी दिया है

उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति योजना के तहत काम चाहेंगे उन्हें काम उपलब्ध कराने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है

ये सभी यात्री लॉकडाउन में बोधगया नालंदा और वाराणसी में फंसे हुए थे बिहार बार काउंसिल ने जरूरतमंद अधिवक्ताओं की सहायता के लिये दो करोड़ रूपये की राशि जारी की है काउंसिल ने अपनी सभी जिला शाखाओं को वैसे अधिवक्ताओं की सूची तैयार करने को कहा है जिन्हें लॉकडाउन की अवधि में आर्थिक सहायता की जरूरत है अररिया में एक चौकीदार के साथ जिला कृषि पदाधिकारी और दारोगा द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है आयोग ने अररिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजकर इस मामले में अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा छह मई तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है इधर नवादा के हिसुआ से भाजपा विधायक अनिल सिंह की बेटी को सरकारी वाहन से कोटा से बिहार लाये जाने के मामले में ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया है लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में प्रदेश में अब तक एक हजार दो सौ इकसठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है एक हजार तीन सौ सत्तर प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं वहीं पैंतीस हजार सात सौ अठाईस वाहन भी जब्त किये गये हैं ज़र्माने के रूप में आठ करोड़ सताईस लाख रूपये से अधिक की राशि वसूली गयी है खगड़िया शहरी क्षेत्र के एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर सरकारी राशन की कालाबाजारी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है वहीं इस मामले में एक ठेला चालक को भी गिरफ्तार किया गया है बक्सर जिले के कृष्णा वरम थाने की पूलिस ने फेसब्क पर आपत्तिजनक पोस्ट करने में मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है बेगूसराय स्थित बरौनी रिफाईनरी में जिला प्रशासन को एक हजार पीपीई किट एक हजार एन नाइंटी फाइव मास्क दस थर्मल स्क्रीनिंग गन और हैंड सेनेटाईजर के साथ साथ कई अन्य स्वास्थ्य उपकरण दिये हैं कोरोना आपदा के समय केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सहायता पर लोगों ने प्रसन्नता जतायी है कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि इस सहायता से उनका जीवन आसान हुआ है

बिहार राज्य प्रद्षण नियंत्रण परिषद् की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना मुजफ्फरपुर और गया समेत प्रदेश के सभी शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है

इससे एक दिन पूर्व इक्कीस मार्च को यह सतहत्तर दशमलव शून्य पांच था एक महीने बाद इक्कीस अप्रैल को पटना की हवा में पीएम दू प्वाइट फाइव की मात्रा सोलह दशमलव आठ नौ प्रतिघन मीटर दर्ज की गयी है यह तय मानक से काफी कम है एक महीने के मीतर पटना के वातावरण से धूल कण अस्सी फीसद तक खत्म हो गया है वहीं ध्वनि और जल प्रदूषण की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है

आकाशवाणी समाचार के लिये पटना से मैं सविता पारीक नवादा जिले के अकबरप्र प्रखंड के फतेहप्र पंचायत स्थित एक पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों में बर्ड फलू की पुष्टि हुई है जिलाधिकारी यशपाल मीणा के आदेश पर आसपास के पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को मारने का काम शुरू हो गया है मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अपराधियों ने लगभग तेरह लाख रूपये लूट लिये अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के पंद्रह नये मामलों की प्रष्टि

दो नये जिले बांका और पूर्वी चंपारण भी कोरोना संक्रमण की चपेट में

ऐसे मामलों में नहीं होगी जमानत